वंदे भारत मिशन के तीसरे दिन आज छह उड़ानों से विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाया जायेगा इनमें से पांच उड़ानें खाड़ी देशों से और एक बांग्लादेश के ढाका से दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है

चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे पर यात्रियों के लिए चिकित्सा जांच और संगरोध सुविधा की व्यवस्था की गई है

राज्य के नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कहा कि चिकित्सा विशेषज्ञों का एक दल पीपीई किट और अन्य चिकित्सा उपकरणों के साथ हवाई अड्डे पर मौजूद रहेगा और स्क्रीनिंग के बाद यात्रियों को किराए की टैक्सी और बस सेवा से अपने मूल स्थानों पर जान की छूट होगी जहां उन्हें क्वारेंटीन किया जाएगा

लखनऊ के जिला अधिकारी अभिषेक प्रकाश ने बताया कि होटलों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है और तीनों श्रेणियां बहुत ही उचित दर पर किराया लेंगी

उन्हें नाएडा और गाजियाबाद के संगरोध केंद्रों में भेजा गया है प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व प्राप्ति की समस्त सम्भावनाओं पर कार्य करने पर बल दिया है

श्री अवस्थी ने कहा कि महिला स्वयं सहायता समूह के लिए व्यापक स्तर पर रेडिमेड कपड़ों और स्वेटर बनाने का प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाएं जिससे प्रदेश को गारमन्ट हब के रूप में विकसित किया जा सके उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा कामगारों एवं श्रमिकों के हित में श्रम कानून में संशोधन भी प्रस्तावित है श्री अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर कोरोना से बचा जा सकता है प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किए गए आयुष कवच कोविड एप में जड़ी बूटियों पर आधारित आयुर्वेद चिकित्सा पद्वति से जुडो उपयोगी जानकारियों का समावेश किया गया है जिन्हें अपनाकर लोग अपनी इम्यूनिटी को विकसित कर सकते हैं

प्रदेश सरकार ने पूर्णबंदी के दौरान देश के विभिन्न भागों से राज्य में वापस लौट रहे प्रवासी कामगारों के लिए प्रवासी राहत मित्र ऐप आरंभ किया है हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस बहुद्देश्यीय ऐप की मदद से प्रवासी कामगारों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा एक रिपोर्ट इस ऐप को राज्य सरकार के राजस्व विभाग ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के सहयोग से तैयार किया है और इसके जरिए प्रवासी मजदूरों से जुड़ा हर आंकड़ा इकट्ठा किया जाएगा इस ऐप में आश्रय गृह में रह रहे लोगों की पूरी जानकारी रहेगी और साथ ही उन प्रवासी कामगारों का भी आंकड़ा रहेगा जो दूसरे राज्यों से आने के बाद अब अपने घरों में रह रहे हैं ऐप में प्रवासियों से जुड़ी सामान्य जानकारियां जैसे कि नाम शिक्षा अस्थाई और स्थाई पता बैंक अकाउंट की जानकारी कोरोना से जुड़ी स्क्रीनिंग की स्थिति और अब तक किए गए कार्य का अनुभव सूचीबद्ध किया जाएगा प्रवासी नागरिकों को दी गई सरकारी मदद जैसे कि राशन किट वगैरह की भी जानकारी इस ऐप में होगी जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से काम करने में सक्षम है सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ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

प्रदेश सरकार ने आयुष कवच कोविड ऐप लांच किया है उत्तर प्रदेश राज्य आयुष सोसायटी के मिशन निदेशक और आयूष विभाग के विशेष सचिव राज कमल ने बताया कि इसे अब तक एक लाख से अधिक लोग डाउनलोड कर चुके हैं

प्लेस्टोर में जाकर सिम्पल इसको आयुष कवच कोविड के नाम से इसे सर्च कर सकते है ओर इस समय यह ऐप काफी द्रेंड में है

भाजपा के ड्रमरियागंज से सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि सिद्धार्थनगर के ग्रामीण क्षेत्रों में लॉकडाउन से उत्पन्न कठिनाइयों के समाधान के लिये बड़े पैमाने पर मनरेगा के माध्यम से रोजगार सुजन किया जा रहा है उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों से प्रदेश के प्रवासी मजदूर कामगार श्रमिक वापस आ रहे है इन लोगों को तत्काल काम देने के लिये प्रतिदिन जॉबकार्ड बनाया जा रहा है

जनपद के एक हजार चौहत्तर ग्राम पंचायतों में मनरेगा के अन्तर्गत कार्य चल रहा है

प्रदेश की अर्थव्यवस्था की गतिविधियों को पुनः धरातल पर उतारने के लिये कौशाम्बी में ईट भट्ठे शुरू हो गये हैं यहां काम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग पर बराबर ध्यान दिया जा रहा है

प्रतापगढ़ जिले के बेलखरनाथ धाम विकास खंड में प्रतिदिन हजारों मजदूरों को मनरेगा के तहत काम दिया जा रहा है इसके साथ ही उन्हें सरकार की अन्य योजनाओं से भी लाभान्वित किया जा रहा है फतेहपुर जिले के बिलन्दपुर गांव में भी मजदूर मनरेगा के तहत काम कर रहे है प्रशासन ने ग्राम पंचायतों को निर्देश दिया है कि काम करते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें जिनके पास जॉब कार्ड नहीं हैं तो उनका जॉब कार्ड तत्काल बनाया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत के महान सपूत महाराणा प्रताप और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं समाज सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले को उनकी जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है